आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में कृषि क्षेत्र ने अपना पूरा दमखम दिखाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से समी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और बिना फेस कवर के घर से बाहर न निकलने की अपील की महेन्द्र सिंह जलशक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एचपी शिवा परियोजना को सरकार की कारगर पहल बताया है मण्डी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज विभिन्न योजनाओं के शुभारम्भ पर उन्होंने किसानों से योजना से लाभ लेकर फल उत्पादन का कार्य शुरू करने का आहवान किया

इससे बागवानी गतिविधियों को नए आयाम दिए जा सकेंगे उन्होंने कहा कि ये परियोजना किसानों और बागवानों की आर्थिकी मज़बूत करने में भी मददगार बनेगी

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड निरंतर जारी किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद परिवार इसका लाभ ले सकें राज्य में योजना के क्रियान्वन के लिए विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है

पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास

उपायुक्त कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज मनाली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रवास की तैयारियों को लेकर बैठक काँ उन्होंने अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अति विशिष्ट कार्यक्रम को देखते हुए जिले का कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेगा और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त ने सोलंग घाटी पहुंच कर प्रधानमंत्री के अभिनन्दन समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्य मार्ग सहित सोलंग मैदान में होर्डिंग स्थापित किए जा रहे हैं